वे नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संबंध में फैसले की घोषणा कर सकते हैं

श्री मोदी ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी

इधर भोपाल में शुकवार को हुई संदिग्ध की मृत्यु के बाद कल उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव मिली है इस बीमारी से भोपाल में हफ़ते भर में चार लोगों की मृत्यु हो चुकी है उधर मंदसौर में भी कल एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजीटिव आई है

जबकि इस बीमारी से तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उज्जैन में तब्लीगी जमात से जुड़े हुए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है

मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है साथ ही जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की मदद भी की जा रही है खंडवा कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने जानकार दी है कि जिले में पांच हजार से अधिक लोगों को प्रतिदिन दोनों समय खाने के पैकेट वितरित किये जा रहे हैं इधर भोपाल में कल से किराना दुकाने खुलने लगी है

उधर उमरिया कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को वापस लौटने वाले श्रमिकों को जरूरत की सामग्री मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं निवाड़ी में कल प्रशासनिक अमले ने जिले के जुगयाई और भेलसा में मॉकड्रील कर संदिग्ध व्यक्ति के मिलने पर हालात से निपटने की तैयारी की सतना में सांसद गणेश सिंह ने डयूटी पर तैनात पुलिस वालों का सम्मान किया है उधर राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने संकट की इस घड़ी में अपने एक महीने का वेतन जरूरतमंदों के लिए दान किया है मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जो कोरोना पीड़ित है उनसे स्नेह और प्रेमपूर्वक व्यवहार करें उन्होंने कहा है कि कोरोना पीड़ितों को मुस्कराने का हक है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इस दल का संयोजक होंगे इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव नरोत्तम मिश्रा राजेन्द्र शुक्ला मीना सिंह जगदीश देवड़ा सांसद राकेश सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट को संदस्य बनाया गया है इस कार्यदल का कार्य सरकार के साथ समन्वय और संगठन की अधिक सक्रियता सुनिश्चित करना है मॉस्क वितरण प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा मजदूरों को वायरस से बचाने के लिए मॉस्क वितरित किये जा रहे है

डॉक्टर आम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्यय शिल्पीच के रूप में जाना जाता है

पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि डॉक्टर आम्बेंडकर की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ता उचित दूरी बनाकर रक्त दान शिविर भी आयोजित करेंगे उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर डॉक्टर आंबेडकर की जयंती मनाने की अपील की है